गृहमंत्रालय ने कल नये दिशा निर्देश जारी किये जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अन्सार लागू होंगे

रेड क्षेत्र ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सुची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा

मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में चार मई से शुरू होने वाले तीसरे लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी

रेड जोन में ग्रामीण इलाकों में गतिविधियां होंगी जबकि रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रीन जोन में चार मई से सभी सरकारी ऑफिस ख्लेंगे जिसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति अपेक्षित होगी

इसका निर्धारण विभागाध्यक्ष करेंगे

कार्यालयों में स्वच्छता के साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों के अन्पालन की हिदायत भी दी गई है जिसमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है

इस बीमारी से अब तक एक हजार दो सौ अट्ठारह लोगों की मौत हई है

नौ हजार नौ सौ पचास लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई है

एम्स कोरोना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में कार्यरत एक इंटर्न महिला चिकित्सक की चिकित्सकीय रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है इसके बाद एम्स प्रशासन ने इंटर्न के संपर्क में आए लोगों को सुचीबदध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है चिह्नित लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा इसके साथ ही एम्स में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या चार हो गई हैजिनका आइसोलेशन वार्ड में उपचार चल रहा है

पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई नैनीताल की महिला रोगी को भी इमरजेंसी विभाग में उपचार के लिए भर्ती किया गया था तो काफी हद तक संभावना है कि यह चिकित्सक इसी महिला रोगी के संपर्क में आने से संक्रमित हई हैं एम्स की टीम ने संक्रमित चिकित्सक के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया है फिलहाल इंटर्न जिस हॉस्टल में रहती थी उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है और वहां रहने वाले अन्य सभी इंटर्नर्स की टेस्टिंग श्रू कर दी गई है

घर वापसी उतराखंड में फंसे दुसरे राज्यों के श्रमिकों पर्यटकों और विदयार्थियों की घर वापसी की कवायद शुरू हो गई है

देहरादन के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया घर भेजने से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई सभी को खाना और पानी की बोतले भी दी गई हैं प्लिस प्रशासन और परिवहन विभाग ने सबसे पहले पौड़ी और कोटद्धार के लोगों को घर भेजा है पहले चरण में घर भेजे गये लोगों में छात्रों की संख्या अधिक है

ये मजदूर लॉकडाउन के चलते चम्पावत और पिथौरागढ़ जिलों के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे थे

सभी को टनकप्र और बनबसा में एकत्र किया गया था टनकप्र के उपजिलाधिकारी दयानंद सरस्वती की देखरेख में सभी को बसों से रवाना किया गया रवानगी से पहले सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और बसों को भी सैनेटाइज किया गया उपजिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोगों को पीलीभीत जिले के बहेड़ी तक पहंचाया जाएगा रेल मंत्री रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए लम्बी दूरी की ट्रेनों की अन्मति दे दी जाएगी जबकि कम दूरी की ट्रेनों के लिए गृह मंत्रालय से अन्मति की आवश्यकता होगी

इस बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी रेल मंत्री से विभिन्न शहरों में फंसे उत्तराखंडियो की सक्शल वापसी के लिए विशेष रेल चलाने का अन्रोध किया है रेल मंत्री ने उन्हें सम्चित कार्रवाई का आश्वासन दिया है हेल्थ हेल्पलाइन चम्पावत जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौर में बीमार व्यक्तियों तक दवा पहंचाने का काम कर रही है इसके लिए जिला मुख्यालय के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में हेल्थ हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है

जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कोर्डिनेटर गौरव पाण्डेय ने बताया कि जिले में लॉकडाउन के बीच बीमार व्यक्तियों को दवा के लिए दिक्कत न हो इसके लिए चिकित्सा हेल्पलाइन खोली गई है उन्होंने बताया कि इसके लिए हेल्पलाइन में डाक्टरों फार्मासिस्टों की टीम बनाई गई है हेल्पलाइन से मदद ले च्के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिला प्रशासन दवारा चलाई जा रही इस स्विधा से काफी ख्श हैं

उन्होंने कहा कि एक ओर हमें अपने जवानों की शहादत पर गर्व है वहीं उन्हें खोने का द्ख भी है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीदों के परिजनों को हर संभव मदद की जायेगी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की मोबीइल एटीएम टिहरी जिले के लोगों को लॉकडाउन के दौरान नकदी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की मोबाइल एटीएम वैन अब गांव गांव जाकर लोगों को धन उपलब्ध कराएगी